प्रधानमंत्री ने कहा लोकसभा चुनाव के बाद नये विश्वास के साथ एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत का सिलसिला शुरू करेगें

देशभर में आज से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत हो गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इस योजना का शभारंभ किया उन्होंने चयनित किसानों के खाते में दो दो हजार रूपए की पहली किस्त अंतरित की कार्यक्रम में जनसभा को सम्बोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत होना अपने आप में ऐतिहासिक है

योजना के तहत दो हेक्टेयर जोत वाले लघु और सीमांत किसानों को छह हजार रुपये दिये जाने का प्रस्ताव है

उन्होंने स्मारक के बारे में लोगों से सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने का आग्रह किया ताकि लोग स्मारक को देखे और वीर जवानों की वीर गाथा तथा यात्रा के बारे में जान सके

श्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र किया और कहा कि इस योजना का लाभ हर गरीब को मिले इसके लिए इसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाए प्रधानमंत्री ने आगामी परीक्षाओं के संबंध में विद्यार्थियों अभिभावकों और सभी शिक्षकों को श्मकामनाएं देते हए परीक्षा पे कार्यक्रम का जिक्र किया उन्होंने कहा कि इस बार की विशेषता यह रही की कार्यक्रम में परीक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर खुलकर बातचीत हई श्री मोदी ने आगामी त्यौहारों की भी शुभकामनाए दी और महाशिवरात्रि पर्व का जिक्र किया

राज्य सरकार ने किसानों की कर्जमाफी के बाद अब उन्हें पेंशन की सौगात भी दे दी है

ये नियम अगले महीने की पहली तारीख से लागू होंगे श्री गहलोत ने प्रदेश के अन्नदाता किसान के वृद्धावस्था में सम्मान के साथ जीवन यापन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में इस योजना की घोषणा की थी

बीकानेर के बंगला नगर में कल एक मकान ढहने से एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई हमारे संवाददाता के अनुसार पडौस के भूखण्ड में मकान बनाने के लिए नींव की खुदाई हो रही थी

पार्ली जिले के लुणावा कस्बे में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई भरतपूर के सालाबाद के पास दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक बालक की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया

शाहपुरा के मनोहरपुर में होद की पाल स्टेडियम में ये मुकाबले हो रहे है इस अवसर पर कर्नल राठौड़ दौड़ और रस्साकशी मुकाबलों के विजेता खिलाड़ियों को मोटरसाइकिल स्कूटी लैपटॉप और मोबाइल सहित साढे सात लाख रूपये तक के पुरस्कार वितरित करेगे इससे पहले कल जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र की आठों विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ और रस्साकशी के रोमांचक मुकाबले हुए